बिहार के लगभग छह करोड़ लोगों को इस योजना का मिलेगा लाभ

और विश्व प्रसिद्ध गया का पितृपक्ष मेला कल से हो रहा है शुरू

आज ओडिसा के तालचेर में एक जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि इस योजना के तहत दस करोड़ से ज्यादा गरीबों को पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा

इस योजना के तहत देश के दस करोड़ गरीब परिवारों को करीब करीब पचास करोड़ लोगों को अगर गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो सालभर में पांच लाख रूपये तक का हेल्थ इंश्योरेंश दिया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है आयुष्मान भारत के तहत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की कल राज्य के अड़तीस जिलों में भी शुरूआत की जायेगी पटना सहित राज्य के विभिन्न जिलों में आरोग्य योजना के लाभार्थियों के बीच कार्यक्रम आयोजित कर मूफ्त इलाज के लिए गोल्डेन रिकॉर्ड कार्ड बांटा जायेगा राज्य के लगभग छह करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे मुख्य समारोह पटना में आयोजित किया गया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया जायेगा ज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कृमार चौबे ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव भी उपस्थित रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने आज आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की श्री पांडेय ने बताया कि इलाज के लिए तीन सौ तिरानवे सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को सूचिबद्ध किया गया है देशभर में सभी रेलवे स्टेशनों पर आज स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस अवसर पर कहा कि देश में आज सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण का अस्वच्छ होना है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है अरूणाचल प्रदेश में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में भाग लेते हुये श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान की शुरूआत की और अब यह आम आदमी की जिम्मेदारी है कि वह इसे आगे बढ़ाये उन्होंने कहा कि देश में रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा केन्द्र है और ट्रेनों तथा स्टेशनों को स्वच्छ रखने से देश का दस से पन्द्रह प्रतिशत हिस्सा अपने आप स्वच्छ हो जायेगा वस्त् और सेवा कर चोरी रोकने के लिए अगले महीने की पहली तारीख से आय स्त्रोत टीडीएस और कर संग्रह पर कटौती टीसीएस व्यवस्था लागू की जायेगी आज बेंगलुरू में वस्तु और सेवा कर जीएसटीएन मंत्री समूह की बैठक को संबोधित करते हुये उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ई वे बिल व्यवस्था की तरह इसका मकसद भी कर चोरी रोकना है उन्होंने कहा कि एक अक्टूबर से पहले सभी आपूर्तिकर्ता ठेकेदारों और ई कॉमर्स कम्पनियों को अपना निबंधन कराना होगा सीबीआई ने मूजफ्फरपूर बालिका गृह यौन शोषण कांड की जांच तेज कर दी है नई दिल्ली से आये सीबीआई के संयुक्त निदेशक मनु भास्कर के नेतृत्व में जांच एजेंसी के अधिकारियों ने मुजफ्फरपुर में ब्रजेश ठाकुर के सील किये गये बालिका गृह को खुलवाकर वहां जांच की इसके अलावा सीबीआई के अधिकारी पहली बार स्वधार गृह भी गये जहां ब्रजेश ठाकुर की संस्था महिलाओं और बच्चों के लिए आश्रय गृह चलाती थी स्वाधार गृह से महिलाओं और बच्चों के गायब होने का मामला दर्ज हुआ है इधर ब्रजेश ठाकुर की सहयोगी मधु और दिलीप वर्मा सहित अन्य अरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई ने मुजफ्फरपुर में कई ठिकानों पर छापेमारी की पटना स्थित आसरा गृह में दो महिलाओं की मौत के मामले में गिरफ्तार संचालक मनीषा दयाल और उसके सहयोगी चिरंतन कुमार की जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी है राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षकों और कर्मचारियों के एक साल के वेतन भूगतान के लिए नौ सौ तिरपन करोड़ से ज्यादा की राशि जारी कर दी है इसमें पटना विश्वविद्यालय के वेतन मद में बासठ करोड़ उनतालिस लाख पाटलिपूत्र विश्वविद्यालय को एक सौ उन्नीस करोड़ सड़सठ लाख की राशि शामिल है इस राशि से मार्च दो हजार अठारह से लेकर फरवरी दो हजार उन्नीस के वेतन का भूगतन किया जाएगा पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पटना और बेगूसराय सहित विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है गिरफ्तारी के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है स्थानीय अदालत द्वारा चन्द्रशेखर वर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद वो भूमिगत हो गया है गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड मामले में पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की गयी थी इस दौरान चंद्रशेखर वर्मा के घर से बड़ी संख्या में अवैध कारतूस बरामद किये गये थे इसके बाद सीबीआई ने श्रीमती वर्मा और उनके पति के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत चेरिया बरियारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज शेखपुरा में दो सौ इकतालीस करोड़ रूपये से ज्यादा की साठ कृषि योजना का उद्घाटन किया जिला मुख्यालय में आयोजित समारोह में उन्होंने प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत निजी तालाब पक्का चेक डैम सामुदायिक नलकूप सामुदायिक कुंआ के अलावा सामुदायिक तालाब आहर पईन आदि का भी शुभारंभ किया केंद्र प्रायोजित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत लखीसराय जिले में निजी और सार्वजनिक भागीदारी से युवाओं को मुफ्त रोजगार के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है

प्रशिक्षण के बाद युवाओं को कंपनियों में सम्मानजनक वेतन पर काम भी मिल रहा है

आकाशवाणी समाचार के लिए लखीसराय से विनय कुमार विश्व प्रसिद्ध गया का पितृपक्ष मेला कल से शुरू हो रहा है मेले को लेकर सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गयी है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी कल विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में इसका उद्घाटन करेंगे

इस दौरान देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों का तर्पण और अपने पितरों का पिंडदान करने गया आते हैं जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं के ठहरने के साथ साथ इस अवधि में चिकित्सा पेयजल बिजली आपूर्ति की समुचित व्यवस्था की है इस दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुये सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं गया में पिंडदान करने वालों के लिये बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने कई पैकेजों की घोषणा की है पूर्व सांसद और राजद के वरिष्ठ नेता रामदेव भण्डारी का आज नई दिल्ली में निधन हो गया वे अठहत्तर वर्ष के थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने रामदेव भण्डारी के निधन पर गहरा शोक जताया है इधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र यादव का पटना में निधन हो गया वे अस्सी वर्ष के थे उन्होंने लोकमत पत्रिका का भी संपादन किया था उनके निधन पर कांग्रेस समेत सभी दलों के नेताओं ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है बक्सर के एमपी हाई स्कूल में आईसीडीएस शिक्षा विभाग जीविका समेत कई विभागों के संयुक्त तत्वावधान में पोषण मेला का आयोजन किया गया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रोहतास जिले में चार सौ उनासी भूमिहिन लाभार्थियों को जमीन खरीदने के लिए साठ साठ हजार रूपये दिये जायेंगे

बिहार के लगभग छह करोड़ लोगों को इस योजना का मिलेगा लाभ

और विश्व प्रसिद्ध गया का पितृपक्ष मेला कल से हो रहा है शुरू